हल्द्वानी में भी पराक्रम पर्व पर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गयाहरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यू और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उद्घाटन किया बागेश्वर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना का मिल रहा है लाभकम कीमत पर परिवार का भविष्य कर रहे सुरक्षित मुख्य सचिव ने प्रदेश में एन एच ए आई द्वारा बनाई जा रही सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और फोर लेन के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग के निर्देश दिये

आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा साहसिक निर्णय और कार्य था प्रधानमंत्री और देश को अपने सैनिकों की अदम्य क्षमता साहस पराक्रम आत्मबल और वीरता पर अट्ट विश्वास था देहरादून में आज सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश को स्पष्ट संदेश दिया कि बातचीत व बंद्रक साथ साथ नही चल सकती उन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि वहां आतंकी घटनाओं में कमी आई है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित एनसीसी कैंडेट्स को सम्मानित किया और युवा कैंडेट्स का उत्साहवर्द्धन किया आज पराक्रम पर्व के अवसर पर देहराद्न के जसवंत सिंह मैदान में सेना ने समारोह का आयोजन किया जिसमें सेना के हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों को स्थानीय लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया स्कूली बच्चों एनसीसी कैडेट्स युवाओं समेत स्थानीय लोगों ने सेना के उपकरणों जैसे लॉन्चर पैड आर्टिलरी ग्रेनेड लॉन्चर हथियारबंद ट्रंक और विभिन्न प्रकार की मशीन गनों का नजदीक से मुआयना किया सेना के जवानों ने लोगों को हथियारों की जानकारी दी इस मौके पर लोग जोश और उत्साह से लबरेज नजर आये उनका कहना था कि भारतीय सेना पर उन्हें गर्व है इस मौके पर ब्रिगेड के मिलिट्री बैंड ने परफॉर्म किया और बच्चों ने कैनवास पर सरहद पर तैनात सेना के जवानों के लिए संदेश लिखे साथ ही उपस्थित लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक पर फिल्म भी दिखाई गई इस आयोजन से लोगों को सेना की कार्यप्रणाली और दुश्मन के विरुद्व उसकी सैन्य क्षमताओं की झलक देखने को मिली वहीं सेना के जवानों में भी जोश दिखा पराक्रम दिवस के अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्वांजलि देते हए वीर जवानों के शौर्य को याद किया राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा अदम्य साहस वीरता और बलिदान का प्रदर्शन किया है दो साल पहले सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करके उसने हमारी सैन्य शक्ति की धाक पूरी दुनिया में जमा दी उन्होंने कहा कि देश अपने वीर जवानों और उनके परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ मनाने का उद्देश्य न केवल वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है बल्कि इसके माध्यम से युवाओं में देशभक्ति के भाव को और सुदृढ़ करना भी है स्लग हल्द्वानी कार्यक्रम पराक्रम पर्व पर हल्द्वानी में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह का शुभारंभ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यू और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया

इस अवसर पर सांसद भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले को सराहा कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे इस अवसर पर कुमाऊं के वीरता पदक प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वे कड़े कदम उठायें

ऐसा इसलिए क्योंकि ये योजना सस्ती और लाभदायी है

कपकोट निवासी ममता मेहता को जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तथा जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पता लगा तो उन्होंने अपने खाते को इन दोनों योजनाओं से जोड़ दिया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हर वर्ष नवीनीकरण होता है इस योजना के फायदे अब युवाओं को भी समझ आने लगे हैं गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना सभी वर्गो के लिए है इस योजना के तहत खाता धारक को अपना खाता इस योजना से लिंक कराना होता है स्लग सीएस मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रदेश में एन एच ए आई द्वारा बनाई जा रही सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की

मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि फोर लेनिंग के कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए उन्होंने अपने स्तर से एनएचएआइ और संबंधित ठेकेदारों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और एलीफेंट कॉर्रिडोर के निर्माण का कार्य भी प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये इसके अलावा उन्होंने नगीना हरिद्वार सड़क के फोर लेनिंग के कार्य में तेजी लाने के लिए अंडर पास बनाने को कहा जिससे वन्य जीवों का आवागमन सुगम हो सके बैठक में बताया गया कि देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग के लिए दो कंपनियों का चयन हो गया है देहरादून से लालतप्पड़ और लालतप्पड़ से हरिद्वार का कार्य अलग अलग कंपनियों को दिया गया है इस मार्ग का निर्माण कार्य नवंबर से शुरू हो जाएगा

इस अवसर पर आयोजित समारोह में दोनों देशों के सैन्य दलों ने शानदार परेड की जिसकी सलामी अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम ग्राह्म डिप्टी कमांडिंग जनरल वन कोर और भारतीय सेना से गरुड़ डिवीजन कमांडर मेजर जनरल कविंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से ली भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस परेड को देखा अपने भाषण में अमेरिकी जनरल ने कहा कि वो पिछले दो सप्ताह से चल रहे प्रशिक्षण से काफी संतृष्ट और खुश हैं उन्होंने कहा कि यकीनन भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है और भविष्य में अमेरिकी सेना भारतीय सेना के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में काम करना चाहेगी वहीं गरुड़ डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कविंद्र सिंह ने कहा कि इस युद्धाभ्यास से बहत फायदा हुआ है और दोनों देशों की सेनाओं ने अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में एकसाथ काम करने की काबिलियत में सक्षमता हासिल की है